मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है

करीब दो किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की भी शुरुआत की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेत् से न केवल बांस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अगरतला में अनानास और अगरबत्ती के व्यवसाय को भी मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुद्रद हई है और आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होगी उन्होंने कहा कि इससे बांग्लादेश के साथ सडक सम्पर्क मजबूत होगा जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्क बढ़ेगा

इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड में विकास के साथ साथ औद्योगिक क्रांति लाएगा उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सुजित हॉगे श्री योगी ने कहा कि ब्देलखंड में खनिज संपदा का अपार भंडार है उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र के वन और खनिज संपदा का दोहन तो किया लेकिन यहां के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कर प्रे क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योगों को विकसित किया जाएगा इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर को शुद्द पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि इसके लिए हर घर नल योजना शुरू की गयी है

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विकास के लिये कृत संकल्पित है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिये कई योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने हर घर तक पेयजल पहुंचाने और किसानों की भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिये लगातार कार्य कर रही है राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि देश में उच्च शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तीकरण पर केंद्रित होना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उपयुक्त रोजगार से जोड़ने में सहायता भिलेगी श्रीमती पटेल आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि हमें परम्परागत ज्ञान को अद्यतन करके विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आह्वान किया श्रीमती पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मेरठ में राज्य खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता करनी चाहिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों को कम से कम एक गांव को गोद लेना चाहिए

राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि पहली जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा उसमें जनवरी दो हजार बीस से जनवरी दो हजार इक्कीस तक देय किस्त भी आगे के लिए शामिल की जायेंगी उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जायेंगी श्री ठाक्र ने कहा कि किस्तों का भुगतान रोकने से सैंतीस हजार करोड़ रूपये की बचत हुई जिससे कोविड से निपटने में मदद मिली

इस अवसर पर नगर में धूमधाम से शाही पेशवाई निकाली गयी साध् संतों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया करीब चार घंटे तक नगर में भ्रमण के बाद शाही पेशवाई कृन्दावन कुंभ पहुंची जहां तीनों अनी अखाड़ों के महत्तों ने यमुना में स्नान किया इस बीच प्रशासन ने नगर के साथ साथ मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शाही स्नान के सक्शल संपन्न होने में मदद के लिए साध् संतों और समाजसेवियों के प्रति आभार जताया